अपराध में संलिप्त दोषियों को सजा जरूर मिलेगी

और ग्यारहवां विश्व हिन्दी सम्मेलन मॉरिशस में शुरू

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड की जांच सही दिशा में चल रही है श्री मोदी ने कहा कि जिस तेजी से सीबीआई इस कांड का अनुसंधान कर ही है इससे लगता है कि अपराध में संलिप्त सभी लोगों को सजा मिलना तय है उन्होंने कहा कि चारा घोटाले में शक करने वाले लोग भी सीबीआई का लोहा मान रहे हैं मूजफ्फरपूर की एक अदालत में बालिका अल्पावास गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत दस अभियुक्तों की आज पेशी हुई पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश आर पी तिवारी के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से खुदीराम बोस केन्द्रीय कारागार में बंद मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत दस अभियुक्तों की पेशी करायी गयी अदालत में पेशी के दौरान ब्रजेश ने स्वयं को अस्रक्षित बताते हुए सेल बदलने का आग्रह किया उसे गिरफ्तार नक्सलियों के साथ जेल में रखा गया है उधर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को छापेमारी में जब्त की गई संचिकाओं और सामानों का गहराई से अध्ययन तथा जांच पड़ताल शुरू कर दी है गौरतलब है कि ब्यूरो ने राज्य की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा एवं बालिका गृह यौन शोषण मामले के सरगना ब्रजेश ठाकुर के बारह ठिकानों पर छापेमारी कर संचिकाएं और अन्य कागजातों के साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को साक्ष्य के रूप में जब्त किया है राजधानी पटना के विभिन्न जेलों में बंद चवालीस कुख्यात कैदियों को दूसरी जेलों में भेजा जायेगा पटना रेंज के डीआईजी राजेश कुमार ने बताया है कि जेल से अपराध संचालन की मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस की ओर से यह कार्रवाई की जा रही है पटना के बेउर आदर्श कारा सहित कई अनुमंडलों की जेल में सजा काट रहे बिंद् सिंह कुंदन सिंह अजय कानू रीतलाल यादव दूर्गेश शर्मा पंकज शर्मा समेत कई दुर्दांत अपराधियों को दूसरे जेलों में भेजा जायेगा हाल ही में इन जेलों में एक साथ हुई छापेमारी में भी कई आपत्तिजनक सामान और मोबाइल फोन की बरामदगी हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से दस करोड़ रुपये का अंशदान किया है श्री कुमार ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को लिखे पत्र में कहा कि लगातार बारिश के कारण केरल में आई भीषण बाढ़ में हताहत हुये लोगों और उनकी नष्ट हुई संपत्ति तथा बड़े पैमाने पर हुये नुकसान को लेकर उन्हें गहरा दुख है उन्होंने बिहार के लोगों की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त की श्री कुमार ने विश्वास जताया है कि केरल बाढ़ की विभीषिका से शीघ्र उबरने में सक्षम होगा इधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तिरूवनन्तपुरम जाकर बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यो का जायजा लिया श्री मोदी ने कहा कि केरल को हरसंभव सहायता दी जा रही है और फंसे हुये लोगों को सुरक्षित निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता है ग्यारहवां विश्व हिन्दी सम्मेलन आज मॉरिशस की राजधानी पोर्टलुई में शुरू हो गया है सम्मेलन के प्रारंभ में पूर्व प्रधानमंत्री और कवि अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दो मिनट का मौन रखा गया इसका उद्घाटन करते हुए मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने कहा कि श्री वाजपेयी के निधन से भारत ने एक महान सपूत और मॉरिशस ने सच्चा मित्र खो दिया है अपने भाषण में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से दुनियाभर से आए हिन्दी के प्रतिनिधि श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं

पहला भाव शोक का है क्योंकि इस सम्मेलन पर अटल जी के निधन की छाया है और दूसरी भाव इस संतोष का भी है कि इस सम्मेलन के बहाने आज समूचे हिंदी विश्व के प्रतिनिधि अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस सभगार में हमने उद्घाटन सत्र के तुरंत बाद अटल जी के निमित श्रद्धांजलि सत्र रखा है इसमें भारत और मॉरिसश के अलावा अन्य देशों से आए हुए प्रतिनिधियों को भी श्रद्धांजलि देने का अवसर दे रहे हैं मॉरीशस के प्रधानमंत्री और श्रीमती स्वराज ने इस अवसर पर एक स्मारिका का विमोचन किया और ग्यारहवें विश्व हिन्दी सम्मेलन पर दो डाक टिकट भी जारी किए पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी प्रमुख और पूर्व अन्तराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी इमरान खान ने आज पाकिस्तान के बाईसवें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली राजधानी इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट हाउस में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों से इकतीस दिसंबर तक पूराने एटीएम कार्ड को बदलवा लेने का निर्देश दिया है बैंक ने कहा है कि कालीपट्टी वाले एटीएम कार्ड सुरक्षित नहीं है इसलिये बैंक नये चिप वाले कार्ड अपने ग्राहकों को उपलब्ध करा रहा है प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ने लगा है मौसम विभाग के अनुसार तेईस अगस्त तक बारिश की कोई संभावना नहीं है इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा हालांकि कहीं कहीं स्थानीय कारणों से हल्की बारिश हो सकती है इधर हवा में नमी बढ़ने और तेज ध्रप के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है भागलपुर आज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान अड़तीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया पटना का अधिकतम तापमान सैंतीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है नवादा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को खाना बनाने के दौरान जानलेवा धुएं के साथ रोज होने वाले संघर्ष से आजादी दी है हर घर में रसोई गैस कनेक्शन होने से जिले के सदर प्रखंड का कालीपुर गांव न सिर्फ धुआं रहित गांव बन गया है बल्कि परिवारों में खुशहाली भी आई है हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट संवाददाता डिस्पैच कालीपुर की अधिकांश महिलाओं की दिनचर्या जलावन के लिए गोईठा लाने लकड़ी चुनने और धुंआ के बीच खाने बनाने की थी लेकिन उज्ज्वला योजना आने के बाद से राहत मिली है

गैस वितरण प्रबंधक दावा करते हैं कि कालीपुर गांव में अब कोई ऐसा घर नहीं है जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं है देखे तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कालीपुर के ग्रामीणों जीवनशैली में बदलाव की बड़ी वजह बनी है आकाशवाणी समाचार के लिए नवादा आशेक प्रियदर्शी भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के बजरयां गांव के कटैया टोला में एक चौकीदार के पुत्र की हत्या के बाद शव उठाने गयी पुलिस टीम पर उग्र लोगों ने हमला कर दिया घटना से आक्रोशित लोगों ने प्रलिस टीम पर गोलियां चलायी जिसमें थानाध्यक्ष संजय यादव घायल हो गये थानाध्यक्ष को आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है इस मामले में छह से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है वैशाली जिले के जंदाहा में प्रखंड प्रमुख मनीष सहनी की पिछले दिनों हुई हत्या के मामले में पुलिस ने नामजद अभियुक्त कुंदन सहनी को गिरफ्तार कर लिया है कुंदन की गिरफ्तारी महुआ थाना क्षेत्र अन्तर्गत नरहरपुर से की गयी है दरभंगा जिले के बहेड़ी के दिलावरपुर चिल्हा गांव में डायरिया से एक ही परिवार के दो बच्चों समेत तीन की मौत हो गयी अनुमंडल अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि गांव में डायरिया के कारण पिछले एक सप्ताह के दौरान अबतक पांच बच्चों की मौत हो चुकी है चार बच्चों का इलाज स्थानीय चिकित्सा शिविर में चल रहा है जबकि दो बच्चों को गंभीर हालत में दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है

अपराध में संलिप्त दोषियों को सजा जरूर मिलेगी

और ग्यारहवां विश्व हिन्दी सम्मेलन मॉरिशस में शुरू